यह दिन पूर्व राष्ट्रपति महान शिक्षा शास्त्री डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर मनाया जाता है इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर पर अध्यापकों को उनके विशिष्ट योगदान के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित करेंगे इन शिक्षकों में हिमाचल से राजकीय बाल वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला चंबा के प्रधानाचार्य विकास महाजन भी शामिल हैं राष्ट्रंपति रामनाथ कोविन्द और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर देशभर के अध्यापकों को बधाई दी है इधर इस उपलक्ष्य में राज्य स्तरीय समारोह शिमला के पीटर हॉफ में होगा जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर करेंगे इस अवसर पर राज्यपाल कलराज मिश्र भी मौजूद रहेंगे समारोह में चयनित शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा पुरस्कार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत सराहनीय कार्य करने के लिए कुल्लू जिला को दो राज्य स्तरीय पुरस्कारों के लिए चुना गया है

इसके अलावा मुख्यमंत्री पोषण अभियान में सराहनीय कार्य करने वाले आंगनवाड़ी केन्द्रों को राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरित करेंगे जिला कार्यक्रम अधिकारी वीरेन्द्र सिंह ने बताया कि बाल विकास परियोजना कटराईं के पनगां आंगनवाड़ी केन्द्र की पूरी टीम को मुख्यमंत्री सम्मानित करेंगे आग चंबा जिला के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल डलहौजी में गांधी चौक की मुख्य मार्केट में कल देर रात आग लगने से तीन द्वकानें जलकर राख हो गई घटना की सुचना मिलते ही अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों ने स्थानीय लोगों के सहयोग से आग पर काबू पाया उधर मनाली के समीप जगतसुख गांव में बीती रात आगजनी की घटना में एक मकान जलकर नष्ट हो गया इस मकान में मजदूर रहते थे और घटना में किसी भी प्रकार के जानी नुकसान की सूचना नहीं है प्रशासन द्वारा प्रभावित परिवार को फौरी राहत प्रदान कर दी गई है आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है आर बी आई रिजर्व बैंक ने सभी बैंको के लिए अपने नये ऋणों को रेपो रेट जैसे बाहरी बैंचमाकों से जोड़ना अनिवार्य कर दिया है यह निर्देश व्यक्तिगत मोटरवाहन और आवास जैसे ऋणों पर लागू होगा रिजर्व बैंक ने कहा है कि नीतिगत दरों का लाभ उपभोक्ताओं को पूरी तरह से नहीं मिल रहा है

मौसम प्रदेश में कुछ इलाकों में आज वर्षा हुई जबकि अधिकांश भागों में हल्के बादल छाए हैं कुल्लू मंडी और उना जिलों में वर्षा होने से गर्मी से कुछ राहत मिली है जबकि अन्य निचले इलाकों में उमस भरी गर्मी का लोगों को सामना करना पड़ रहा है राजधानी शिमला व आसपास के क्षेत्रों में आज सुबह कुछ इलाकों में धुंध छाई रही और हल्की ब्रंदाबांदी हुई

एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है अमर उजाला की सुर्खी है धर्मशाला उपचुनाव से पहले ध्रमल की सरकार को नसीहत शांता का किनारा दैनिक जागरण ने धूमल के हवाले से लिखा है खुद वेतन भत्ते बढ़ाएंगे तो आलोचना होगी ही जबकि दैनिक सवेरा टाइम्स के शब्द हैं विधायकों के वेतन भत्ते बढ़ाने को बने पे कमीशन उड़ते टैंक की कमान हिमाचली गबरू के हाथ शीर्षक से दिव्य हिमाचल लिखता है अपाचे उड़ाकर सुंदरनगर के विंग कमांडर क्षितिज ने चौड़ा किया देवभूमि का सीना इसी समाचार पत्र के अनुसार कुकिंग तेल के दो बार से ज्यादा इस्तेमाल पर अब आएगी शामत अमर उजाला लिखता है बिना नक्शे वाले भवन चार गुणा फीस देकर होंगे नियमित जबकि दैनिक जागरण का शीर्षक है चार गुणा फीस देकर नियमित होंगे बिना अनुमति बने भवन हिमाचल दस्तक के अनुसार नियम तोड़कर बने भवनों पर अब छह गुणा जुर्माना

आपका फैसला की सुर्खी है देशभर में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में शिमला टॉप टेन में अमर उजाला ने स्कूली बच्चों से जुड़ी खबर को शीर्षक दिया है ढाई लाख विद्यार्थियों को अगले माह से मिलेंगे लाल और हरे रंग के स्कूल बैग

चरस तस्करी में अब तक की रिकॉर्ड सजा दोषी दंपति को बीस बीस साल का कठोर कारावास शीर्षक से खबर को हिमाचल दस्तक ने प्रमुखता दी है